रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिये लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रहा है

श्री मोदी ने कहा कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता

प्रशासन ने कल देर रात दोनों समुदाय के लोगों के साथ अलग अलग बैठके की

सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही हैं कर्फ्यू के कारण आमजन को दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है

ब्यावर में उन्होने चांग गेट स्थित सूचना स्तंभ पर पहुंचकर सूचना आंदोलन से जुड़े तथ्यों की जानकारी हासिल की इससे पहले आंदोलन से जुड़े स्थानीय लोगों ने उनकी आगवानी की गौरतलब है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का केन्द्र बिन्दु अजमेर जिले के ब्यावर उपखंड का चांग गेट क्षेत्र रहा है जहाँ लम्बे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार कानून के लिये संघर्ष किया गया था बाद में सूचना का अधिकार हासिल हुआ

राजस्थान रोडवेज ने आज रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी प्रदेश भर की जेलों में बंद पुरूष कैदियों को उनकी बहनों ने जेलों में जाकर रक्षा सूत्र बांधे और शीघ्र रिहाई की कामना की भरतपुर के सेवर जेल में बहनों ने कैदियों को राखी बांधी सिरोही जिले के माउन्ट आबू स्थित प्रजापिता ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया गया जिसमें देशभर के लोगो ने भाग लिया उदयपुर में निराश्रित गृहों ओपन शैल्टर होम में स्वयंसेवी संगठनों ने राखी मनाई बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण तथा कई महिला संगठनों ने बीएसएफ के जवानों को राखियाँ बांधकर घर से दूर बैठे प्रहरियों को बहनों के प्यार का सुख दिया

हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश हरियाणा पंजाब से भी बड़ी संख्या में श्रद्वालु हनुमानगढ़ पहुंच रहे है